सीबीआई ने पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा और कांग्रेसी नेता मोती लाल वोरा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर कर दिया है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि देश के किसानों की आमदनी बढ़ाये जाने की जरूरत है क्योंकि भारत कृषि पर आधारित देश है और आज भी आधी से ज्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर है चंडीगढ़ में सीआईआई एग्रो टेक मेले का उदघाटन करते हए राष्ट्रपति ने कहा कि खेती देश के आर्थिक ढांचे का मुख्य आधार है ये एग्रो टेक मेला चार दिन तक चलेगा आज के उदघाटन समारोह में पंजाब के राज्यपाल बी पी सिंह बदनौर केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन केन्द्रयय खाद्य प्रसंस्कारण मंत्री हरसिमरत कौर बादल तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे राष्ट्रपति कोविंद ने मेले में गले स्टाल को भी देखा इस अंतर्राष्ट्रीय एग्रो टेकनोलॉजी व व्यापार मेले का थीम कृषि में तकनीक व किसान की आय में वृद्वि है इस मेले में बिट्रेन सहयोगी देश है तथा कैनेडा व चीन पर विशेष ध्यान दिया है और तीनों देशों को पैवेलियन भी बनाये गये है भारत के राज्यों पर केन्द्रित पैवेलियन भी सीआईआई एग्रो टेक मेले मे बनाये गये है मेले में जर्मनी इटली स्पेन नीदरलैंड भी भाग ले रहे है मेहमान राज्यों में हरियाणा और पंजाब शामिल है

अर्जेटीना में श्री मोदी ने अपने भाषण में विभिन्न बिन्दुओं के जरिये बात रखते हए कहा कि भगौड़े आर्थिक अपराधकर्ताओं और ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक मजबूत व सक्रिय भागेदारी की जरूरत है

श्री मोदी ने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जिक्र किया विशेषकर जन धन योजना म्द्रा योजना स्टार्ट अप इंडिया के जरिये अर्थव्यवस्था का आध्निकीकरण किया जा रहा है श्री मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने पहल बार एक साथ मुलाकात की और माना कि भारतीय प्रशांत इलाके में शांति और समृदवि लाने के लिये स्वंतत्र खुले व नियमवद्व तरीके अपनाने की जरूरत है प्रधानमंत्रीमोदी ने रूस भारत व चीन के त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने अर्जेटीना के दौरे में आज विश्व के कई देशों के नेताओं के साथ दविपक्षीय वार्ता करेंगे

इस क्षेत्र में लगे लोगों और य्वाओं को अधिक से अधिक कारोबार के अवसर मुहैया करवाये जायेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछले चार साल से लगातार उद्यमियों के साथ जुड़ी रही है और इसी दिशा में ग्रूग्राम में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट आयोजित किया था जिसमें साढे तीन सौ एमओयू ह्ये थे

इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के नज़दीक रिश्तेदार राबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है ये जांच ज़मीन के घोटाले व उसमे धन के लेन देन से जुड़ी है श्री वाड्रा को जांच अधिकारी के समक्ष अगले सप्ताह उपस्थित होने को कहा गया है ये वाड्रा को द्रसरी बार भेजा गया समन है और वे पहली बार जांच अधिकारी के ब्लावे पर उनके समक्ष उपस्थित नहीं हये थे

ओड़िशा के भ्वनेश्वर में खेलीजा रही प्रूषों के विश्व हाकी प्रतियोगिता में आज शमा नीदरलैंड का म्काबला मलेशिया से चल रहा है

थोरी देर बाद यानि सात बजे पाकिस्तान का जर्मनी से मैच होगा कल रविवार को भारतीय टीम ग्रप सी के अपने दूसरे मुकाबले मे बैल्जियम के विरूदव खेलेगी

चारों य्वक स्बह जागरण खत्म होने के बाद अम्बाला शहर से अम्बाला कैंट वापस जा रहे थे हादसे में धीरज विकास और स्भम की मौके पर ही मृत्यू हो गई जबकि घायल शिवम पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है प्लिस ने ट्राले को कब्जे में लेकर फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है

प्रदेश सरकार दवारा एक ऐप बनाया जायेगा जिसमें श्री ग्रू नानक देव जी के बारे विस्तृत जानकारी मिलेगी कुरूक्षेत्र में एक बैठक के बाद मुख्मयंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अगले नवम्बर तक एक वर्ष हरियाणा में गुरू नानक देव जी के जीवन पर उनके कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ताकि लोग उनकी शिक्षाओं से अवगत हो सके अमेरिका में बसे एनआरआई गौरव अग्रवाल के द्वारा फतेहाबाद के टोहाना इलाके के गांव डांगरा को आदर्श ग्राम बनाने का लिया गया संकल्प फलीभूत होने लगा है